संकमण के दो मामले विदेशी नागरिकों के है

पहले से सील किये गये टोंक और दौसा को जोडने वाले मुख्य राजमार्गो की तरह अन्य मार्गो पर भी चेकपोस्ट बनाकर स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी गई है भरतपुर जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर जिले के रूस्तमपुर और पहाडी गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है इन दोनों जगहों पर कोरोन पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है बांसवाडा के क्शलगढ कस्बे में भी दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है चूरू और सरदारशहर में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है सरदार शहर में ड्रॉन कैमरों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है

बूंदी में पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है

जालोर जिले में कोरोना संकमण का एक भी मामला नहीं है

बाडमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता नजर आ रही है ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही बैरियर लगाकर गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है

ये फोर्स लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने और कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर पडने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए काम करेगी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की

उन्होंने कहा कि सात मौजूदा हैल्पलाइनों के अलावा दो नये हेल्पलाइन नम्बर शुरू किये गये हैं